हरियाणा में आज नामांकन पत्र दाखिल करने के अखिरी दिन बड़ी संख्या में उम्मीदारों ने नामांकन भरे अर्ज्न चौटाला ने क्रूक्षेत्र क्लदीप शर्मा ने करनाल से और श्रुति चौधरी ने भिवानी महेन्द्रगढ़ से अपना नामांकन भरा भारतीय मौसम विभाग के महा उप निदेशक एस डी अत्री ने कहा कि विभाग दवारा किसानों के लिये मौसम सम्बधी जारी की गई जानकारी से कृषि उत्पादन बढ़ाने मे मदद मिली है

दुकाने व निजी प्रष्ठिान बंद रहेंगे उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी को रफाल मामले से जोड़कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर अवमानना नोटिस जारी किया है इससे पहले न्यायालय ने कहा था कि उनकी बात को गतल ढंग से उद्वत किया गया है

न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष की उस अपील को नामंजूर कर दिया था जिसमें उन्होंने मीनाक्षी दवारा दायार याचिाक को खारिज करने की अपील की थी हरियाणा में आज नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन भी बड़ी संख्या में उम्मदीवारों ने अपने पर्चे भरे है

करनाल से हमारे संवाददाता ने बताया कि कि इंडियन नैशनल लोकदल की उम्मीदवार धर्मवीर पाड़ा और कांग्रेस के उम्मीदवार क्लदीप शर्मा ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये कांग्रेस उम्मीदवार क्लदीप शर्मा ने नामांकन दाखिल करने से पहले शहर में रोड शो भी निकाला नामांकन भरने के बाद क्लदीप शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि करनाल म्ख्यमंत्री का विधानसभा होने के बावजूद यहां कोई विकास नहीं हआ यहांं तक की सड़कों का भी ब्रा हाल है उध्य अम्बाला से आज जन नायक जनता पार्टी व आम आदमी पार्टी के सांझे उम्मीदवार पूर्व महानिदेशक पृथ्वी राज ने अपना नामांकन दाखिल किया

श्रृति चौधरी ने नामंकान दाखिल करने के बाद कहा कि वर्तमान सांसद अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में क्षेत्र के लिये क्छ खास नहीं कर पाये वहीं इनैलो प्रत्याशी बलवान सिंह ने एक फौजी पर विश्वास जताया है अगर वे जीते तो क्षेत्र के लिये अधिक से अधिक काम करेंगे उधर रोहतक लोकसभा क्षेत्र से आज जन नायक जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप देसवाल जुलूस के साथ निर्वाचन कार्यालय में दाखिल किया इस दौरान पत्रकारों से बातचीत मे जेजेपी प्रत्याशी ने कहा कि गठबंधन सकारात्मक राजनीति कर रहा है उनका इंडियन नैशनल लोकदल के क्रूक्षेत्र से प्रत्याशी अर्ज्न चौटाला ने कहा कि वे महाभारत की भूमि में किसानें को इंसाफ युवाओं को रोज़गार और हरियाणा को पानी दिलवाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर च्नाव मैदान में उतरे है नामांकन दाखिल करने से एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने चौधरी ओम प्रकश चौटाला का एक पत्र पढ़कर सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि अर्ज्न चौटाला चौधरी देवी लाल की नीतियों पर चल कर कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे और जनता की आकांशाओं पर खरे उतरेंगे जनसभा को अभय चौटाला ने भी सम्बोधित किया और भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस की आलोचना करते हये कहा कि दोनों पार्टियों जनता की आकांशाओं पर खरी नहीं उतरी उन्होंने दावा किया कि इस बार इंडियन नैशनल लोकदल के सांसदों की मदद से केन्द्र में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी नामांकन पत्र भरने से पहले इनैलो प्रत्याशी अर्ज्न चौटाला ने हरियाणा की शक्ति पीठ भद्रकाली मंदिर मे पूजा अर्चना की और ग्रूद्वारा छठी पातशाही मे शीश नवाया अभिनेता सन्नी देओल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये नई दिल्ली में स्थित पार्टी मुख्यालय में केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता हासिल की इस अवसर पर श्री देओल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बहत काम किया है और देश को अगले पांच वर्षो के लिये उनकी आवश्यक्ता है अभिनेता सन्नी देओल के पंजाब से लोकसभा च्नाव लड़ सकते है रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में आज शुरू हये जल सेना कमांडर सम्मेलन का सम्बोधित किया यह तीन दिवसीय सम्मेलन जल सेना कमांडरों के मध्य बातचीत का शीर्ष मंच है कांफ्रेस के दौरान जल सेना प्रम्ख प्रम्ख कमांडरों के साथ पिछले छ महीने के दौरान किए गये बड़े आप्रेशन प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे एक बयान में भारतीय जल सेना ने कहा है कि इस सम्मेलन का प्लवामा से जुड़ी घटनाओं को लेकर विशेष महत्व है भारतीय मौसम विभाग के महा निदेशक एस डी अत्री ने कहा है कि विभाग दवारा किसानों के लिये मौसम सम्बधी जारी की गई सलाह से देश भर में कृषि उत्पादों की अच्दी उपज होने में मदद मिली

इस सम्मेलन में अत्याध्निक प्रौद्योगिकी और कृषि में हई नई वैज्ञानिक खोजों के बारे भी चर्चा की गई

ऐसे कर्मचारी उस दिन विशेष आकस्मिक अवकाश ले सकते है एक सरकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों बोर्डो निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में हरियाणा में पंजीकृत मतदाताओं के लिये अवकाश होगा उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्थित कारखानों द्वकानों और जिनी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो राज्य में बतौर मतदाता पंजीकृत है वैतनिक अवकाश ले सकते है

सोनीपत के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश डा डी एकन भारद्वाज की अदालत ने प्लिस पर जानलेवा हमला करने के एक मामले में देवेन्द्र उ र्फ लील् नाम के एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है

ज्र्माना न देने पर नौ माह की अतिरिक्त कैद भ्गतनी होगी इस मामले में चार आरोपियों को पहले ही बरी किया जा च्का है

हरियाणा प्लिस ने झज्जर जिले में विभिन्न जघन्य अपराधों में शामिल छ अति वांछित अपराधियों को पकड़ने सम्बधी सूचना देने वालों को एक एक लाख रूपये का नकद इनाम देना की घोषणा की है प्लिस विभाग के एक प्रवक्ता ने आज पंचकूला मे बताया कि प्लिस महाविद्यालय श्री मनोज यादव ने रोहतक रैंज के प्लिस महानिरीक्षक संदीप खिरवाड़ की अन्शंसा के आधार पर नकद ईनाम की घोषणा की और फरार अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि ये ईनाम आम जन के लिये घोषित किये गये है जो अपराधियों को पकड़वाने में मदद करेंगे इन अति वांछित अपराधियों में झज्जर निवासी रवि गांव व सौंदी का राजक्मार पलड़ा गांव का अक्षय पलड़ा और गांव नहरा का पवन पहलवान दुलेरा का सचिव और मेंहदी डबोदा का पैदा शामिल है यम्नानगर जिले के कलानौर मार्ग पर आज एक बाड्रक को ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें एक बुजुर्ग महिला रेशम कौर की मृत्यु हो गई